उम्मीदवार पच्चीस तारीख तक नामांकन पत्र भर सकते हैं अगले दिन छब्बीस तारीख को इनकी जांच होगी और अट्ठाईस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे मतदान ग्यारह अप्रैल को और मतगणना तेईस मई को होगी गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है अंतिम संस्कार आज शाम पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ पणजी के निकट मिरामार में किया गया इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे इससे पहले श्री पर्रिकर की अंतिम यात्रा कला अकादमी कंप्लेक्स से शुरु होकर मिरामार तक गई इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए श्री पर्रिकर का पार्थिव शरीर दर्शनार्थ पणजी में कला अकादमी और भाजपा मुख्यालय में रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुरेश प्रभु निर्मला सीतारमण स्मृति इरानी तथा श्री पद नायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दिया है साठ सदस्यीय विधान सभा में चौवन सीटों के लिए पार्टी ने नामों की घोषणा कर दी है जिनमें प्रमुख है मुख्यमंत्री पेमा खांडू उप मुख्यमंत्री चाउना मैन उपाध्यक्ष तुमके बागरा मुख्यमंत्री के सलाहकार जापू देरु सूची में तीन महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है जिसमें सिटिंग एम एल ए दासांगलु पुल हायुलियांग से दामबुक सीट से गुम तायेंग और लेकांग विधान सभा सीट से जुममून देओरी भाजपा पार्टी के प्रमुख अमित शाह के अध्यक्षता में शनिवार को भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के सुची को अंतिम रुप दिया गया आगामी विधान सभा चुनाव में कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनावी मौदान में उतरेंगे प्रदेश में ग्यारह अप्रैल को लोक सभा और विधान सभा चुनाव एक साथ कराया जाएगा समाचार एजेंसियों से बात करते हुए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ताकाम संजोय ने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव पूर्व गठ बंधन के बिना साठ विधान सभा सीटों के लिए अपनी उम्मीदवार उतारेंगे उन्होंने कहा कि पार्टी ने पचास उम्मीदवारों के नामों को अंतीम रुप दे दिया है और नामों के सूची को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है आगामी मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के ईटानगर दौरे के दौरान चयनित नामों की घोषणा की जाएगी वही रविवार को ईटानगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अरुणाचल ईस्ट और वेस्ट के संसदीय सीटो के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और पूर्व गृह मंत्री जेम्स लोवांगचा वांगलेट के नामों की घोषणा की इस अवसर पर ताई निको अपने सर्मथको के साथ कांग्रेस में शामिल हुए वह न्यापीन सांग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते है आगामी विधान सभा और लोक सभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल सेकुलार ने रविवार को विधान सभा के लिए ग्यारह और लोक सभा चूनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी ने मूकतो सीट से मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता लोबसांग गीयात्सो को उतारा है त्रतिंग यिंगकियोंग निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग आपांग चुनाव में खड़े होंगे वही जनता दल सेकुलार ने अरुणाचल ईस्ट लोक सभा सीट के लिए बंदे मिलि को मनोनीत किया है जीरो हापोली निर्वाचन के विभिन्न क्षेत्रों से रविवार को फ्लाईंग स्क्वाड़स और स्थित निगरानी दल ने एक लाख रुपए और इक्कीस दाव जब्त किए वहीं याचूली में वोटरों को लुभाने के लिए ले जा रहे स्थानीय माला चार स्थानीय पीतल के थाल बरामद किया गया जैसे जैसे संसदीय और विधान सभा चुनाव निकट आता जा रहा है वैसे वैसे समुचे लोअर सुबनसिरी जिले में अवैध दंग से नकदी और अन्य समानों के लाने या ले जाने पर अंकूश लगाने के लिए जांच और नाकों को तेज किया जा रहा है

इस वाटर एक्सपीडिशन को भारत और बांग्लादेश संयुक्त रुप से आयोजित कर रहा है कायिंग सब डीविजन स्थित तुमबिन गांव से होते हुए यह तीन दिवसीय एक्सपीडिशन सियोम नदी के पिचासी किलोमीटर के चुनौतियों का सामना करते हुए सियांग जिले के पांगिन पहुंचेगे इस एक्सपीडिशन का लक्ष्य जिले के युवाओं के बीच साहसिकता को बढ़ावा देना और भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधो को भी सुदृंढ़ बनाना है असम में लोकसभा चुनाव के लिए तेजपुर कलियाबोर जोरहाट डिब्रगढ़ और लखीमपुर के लिए पहले चरण में मतदान होगा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय हैः जागरुक म्तदाताः सशक्त लोकतंत्र का आधार कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौबजे से प्रसारित जायेगा

कार्यक्रम द्ररदर्शन के डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा